इसकी शुरूआत राजधानी रायपुर से सत्ताईस किलोमीटर दूर चंदखुरी स्थित कौशल्या माता मंदिर से होगी मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राम वन गमन परिपथ को पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना पर तेजी से अमल करने के निर्देश दिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि राम वन गमन परिपथ में आने वाले राज्य के आठ महत्वपूर्ण स्थलों सीतामढ़ी हरचौका रामगढ़ शिवरीनारायण तुरतुरिया चंदखुरी राजिम सिहावा सप्तऋषि आश्रम और जगदलपुर को विकसित किया जाएगा सिंहदेव गौठान प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गो से लगे गांवों में दूर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गौठानों का निर्माण किया जाएगा रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के समीप ऐसे गांव जहां पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है उन स्थानों को चिन्हित कर प्राथमिकता के साथ गौठान बनाया जाएगा इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि और पशुहानि से भी बचा जा सकेगा पासवान जल केन्द्रीय उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने आज दिल्ली सहित देशभर में बीस राज्यों से लिए गए पीने के पानी के नमूने की गुणवत्ता संबंधी जांच रिपोर्ट जारी की इस सूची में मुंबई शीर्ष स्थान पर है जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को पांचवां स्थान मिला है इसी तरह हैदराबाद दूसरे भुवनेश्वर तीसरे और रांची चौथे स्थान पर हैं स्वदेशी मेला बिलासपुर में भारतीय विपणन विकास केन्द्र द्वारा स्वदेशी व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज मेले में शिरकत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों का परिचय कराने और उसके प्रति जागरूकता लाने के लिए यह सार्थक प्रयास है किसी भी देश के विकास का तालमेल उस देश के सांस्कृतिक विकास से होना चाहिए इस उद्देश्य को लेकर आयोजित यह मेला सराहनीय पहल है उन्होंने कहा कि स्वदेशी हमारी शक्ति है जिससे हम आत्मनिर्भर बनते हैं कार्यक्रम में केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद थे अवैध धान कार्रवाई प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में धान के अवैध परिवहन और भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है सरगुजा जिले में करीब तेरह सौ क्विंटल और कबीरधाम जिले में साढ़े सात सौ कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है वहीं राजनांदगांव जिले में दो वाहनों और एक सौ तैंतीस कट्टा अवैध धान को जब्त करने की कार्रवाई की गई है मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं इसके तहत प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों से आने वाले धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जांच टीम गठित कर चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं निकाय चुनाव प्रदेश में इस साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के उम्मीदवार ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भर सकेंगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ओनो के माध्यम से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था करने वाले राज्यों में अब छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र भरने और निर्वाचन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देने के लिए आज रायपुर में जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और मास्टर्स ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया प्रशिक्षण में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाक्र रामसिंह तथा राज्य निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मीडिया के दुरूपयोग पर चिंता प्रकट की श्री नायडू ने कहा कि समाचारों को सनसनी खेज बनाना समाचारों का पक्षपात पूर्ण कवरेज और पेड न्यूज आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है माओवादी समर्पण बीजापुर जिले में आज तीन महिला सहित सात माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है

विश्व स्वास्थ्य संगठन से केंद्रीय सलाहकार आत्रेयी गांगुली और केंद्र सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर आलोक माथुर ने महासमुंद में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया इस दौरान टीम ने घोड़ारी के नवजीवन केन्द्र भुरकोनी के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और बागबाहरा के सामुदायिक केन्द्र का भी निरीक्षण किया एनएसएस शिविर प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के शिविर ग्रामीण विकास पर केंद्रित होंगे इन शिविरों के लिए ग्रामीण विकास के लिए युवा थीम का निर्धारण किया गया है इस थीम पर शिविरों में नरवा गरूवा घुरूवा और बारी के बारे में युवओं को जानकारी देने के साथ ही विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा इस वर्ष लगभग करीब नौ सौ शिविरों का आयोजन किया जाएगा कौमी एकता सप्ताह कौमी एकता सप्ताह के तहत आज कोंडागांव जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस अवसर पर सम्प्रदायवाद का विरोध और अहिंसा विषय पर संगोष्ठी भी हुई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दहीकोंगा में विद्यार्थियों ने मानव श्रंखला बनाकर कौमी एकता को प्रदर्शित किया वहीं संगोष्ठी में वक्ताओं ने समाज में भाईचारे को बढ़ावा देने और धर्म के आधार पर भेदभाव मिटाने के संबंध में अपने विचार रखे जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट़ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में राजनांदगांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी मुक्तिबोध राष्ट्रीय नाट्य समारोह देश के सुविख्यात कवि और लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती पर राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय नाट्य समारोह में आज शाम गिरीश कर्नाड लिखित बहुचर्चित नाटक अग्नि और बरखा का मंचन किया जाएगा समारोह के अंतिम दिन कल सत्रह नवंबर को दोपहर रंगमंच और सिनेमा पर संगोष्ठी होगी वहीं कल शाम को जबलपुर की संस्था समागम रंगमंडल के नाटक अगरबत्ती का मंचन किया जाएगा हॉकी प्रतियोगिता जशपूर जिले में हॉकी को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा युवा उत्सव के अंतर्गत जशपुर सॉकर लीग का आयोजन किया गया रणजीता स्टेडियम में खंड स्तरीय प्रतियोगिता तीन वर्गों में आयोजित की गई बालिका वर्ग में जशपुर संकुल और बालक वर्ग में इचकेला संकुल तथा गम्हरिया संकुल के बीच मैच खेला गया इसमें गम्हरिया स्कूल ने तीन शून्य से जीत दर्ज की वहीं फाइनल मुकाबले में जशपुर संकुल की टीम ने गम्हरिया संकुल को एक शून्य से हराकर जिला स्तर पर पहला स्थान हासिल किया विजेता टीमों को जिला स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सड़कों में गड़ढ़ो की मरम्मत का कार्य दस दिसंबर तक प्रा किया जाए राज्य शासन ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर महेन्द्र छाबड़ा की नियुक्ति की है वहीं आयोग में सदस्य के रूप में राजनांदगांव के हफीज कुरैशी और रायपुर के अनिल जैन को नियुक्त किया गया है आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आज जगदलपुर के कुम्हारपारा में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के नए कार्यालय का शुभारंभ किया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत कोंडागांव जिले के ग्राम पूर्वी बोरगांव में नया कृषि विज्ञान केन्द्र शुरू किया जाएगा रायपुर के पंडरी स्थित कृषि उपज मंडी के पास आयोजित कार्यक्रम में करीब दो करोड़ रूपये की लागत के तीन किसान उपभोक्ता बाजार का लोकार्पण और भूमिपूजन किया गया बालोद जिले में गन्ना किसान संघ के बैनर तले किसानों ने आज बोनस की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया दुर्ग जिले के सुपेला भिलाई में अज्ञात युवकों ने छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेत्री माया साहू पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया सुकमा जिले के दोरनापाल के नदी रोड पर करंट से दो कर्मचारी झुलस गए गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है कबीरधाम जिले की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला घुघरी कला में विद्यार्थियों द्वारा कबाड़ से जुगाड़ कार्यक्रम के तहत विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और जिला रोजगार और स्व रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा परसों अट्ठारह नवंबर को पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा